राज्यपाल आज राजभवन शिमला में राजभवन के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उन्हें विदाई देने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे आचार्य देवव्रत ने कहा कि उनका प्रयास रहा कि राजभवन की गरिमा बनी रहे और साथ साथ राजभवन लोक कल्याण के कार्यों में सहभागी की भूमिका भी निभाए राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रदेश में लोक कल्याण को लेकर जनअभियान चलाए जिन्हें सरकार और प्रदेशवासियों का भरपुर सहयोग मिला मुख्यमंत्री जयराम ठाकर भी राज्यपाल के विदाई समारोह में शामिल हुए और उन्होंने आचार्य देवव्रत द्वारा प्रदेश में किए गए कार्यो की सराहना की सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने बरसात के दौरान सभी विभागों को अत्यधिक सतर्कता बरतने को कहा है ताकि आम जनता को बरसात के कारण किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े सरवीण चौधरी आज शाहपुर में जनसमस्याएं सुनने के बाद लोगों को संबोधित कर रही थी उन्होंने इस मौके अधिकांश समस्याओं का मौके पर निपटारा किया शहरी विकास मंत्री ने इस दौरान पुलिस को ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके सरवीण चौधरी ने शाहपुर में शीघ्र ही उपयुक्त प्रौद्योगिक केन्द्र स्थापित करने की भी घोषणा की

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार युवा उद्यमियों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने और उनकी समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान करने के लिए प्रतिबद्व है अनुराग ठाकुर आज संसद भवन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा आयोजित इंटर प्रन्योर ऑफ इंडिया कार्यक्रम के मौके पर बोल रहे थे इस कार्यक्रम का उददेश्य नए उद्यमियों और सरकार के बीच संवाद स्थापित करना तथा उद्योग जगत की समस्याओं के जल्द निदान के तौर तरीकों को विकसित करना था अनुराग ठाक्र ने कहा कि भारत एक तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था है जिसमें उद्योग जगत युवा उद्यमियों और एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है राजेन्द्र गर्ग बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल में दूसरे चरण के पौधरोपण अभियान का आज विधायक राजेन्द्र गर्ग ने पट्टा पंचायत घर के पास हरड़ और अर्जन का पौध लगाकर शुभारंभ किया इस मौके पर राजेन्द्र गर्ग ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण करने का आहवान किया उन्होंने लोगों को निजी भूमि पर औषधीय पौधे लगाने की भी सलाह दी और कहा कि इससे स्वच्छ पर्यावरण के साथ उन्हें जड़ी बूटियों से कमाई करने का साधन भी मिलेगा उन्होंने पौधरोपण के साथ पौध संरक्षण पर भी जोर दिया डीसी कांगड़ा कांगड़ा के उपायुक्त राकेश प्रजापति ने जिले में आपदा की दृष्टि से संवेदनशील सरकारी व निजी भवनों को चिन्हित कर उन्हें खाली करवाने के निर्देश दिए हैं

आदेशों के तहत आपदा की दृष्टि से संवेदनशील भवनों को चिन्हित करने के लिए सभी एसडीएम निरीक्षण कमेटियां गठित करेंगे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के सेरीमंच में विजय ज्योति का स्वागत करेंगे

यहां ये विजय ज्याति कारगिल युद्ध स्मारक पर जल रही चिरकालिक ज्योति में विलीन की जाएगी

कर्मचारी राज्य पथ परिवहन निगम के तकनीकी कर्मचारी प्रदेश सरकार और निगम द्वारा उनके मांगे न माने जाने के विरोध में कल से एक सप्ताह तक काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे ये निर्णय तकनीकी कर्मचारियों की आज सोलन हुई एक मीटिंग में लिया गया तकनीकी कर्मचारी संगठन के शिमला मंडल के प्रधान हकम चंद वर्मा ने कहा कि निगम और प्रदेश सरकार लम्बे समय से उनकी मांगों को अनसुना कर रहा है

उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार ने फिर भी उनकी मांगों को अनसुना किया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा